प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त् की है कि खरीफ मौसम के दौरान अनाज का रिकार्ड उत्पादन होगा

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम लागत अधिक लाभ इस नीति पर चलते हुए खेती में वैज्ञानिक तरीकों का अभूतपूर्व समावेश किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान अपनी भूमि के सर्वाधिक इस्तेमाल के लिए सौर पम्प और सौर पैनल जैसी नई तकनीकें अपना रहे हैं खेतों में सोलर पम्प लगाने का अभियान है इससे किसानों को एक तो मुफ्त बिजली मिलेगी दूसरा जरूरत के अतिरिक्त जो बिजली पैदा होती है उसको वो बिजली वितरण कंपनियों को बेच भी पाएंगे कल जो हमारा किसान अन्नदाता था वो आज ऊर्जादाता भी बनने की संभावना पैदा हो गई है श्री मोदी ने कहा कि नई तकनीकों से देश में खेती का स्वरूप बदलने लगा है कृषि कुंभ आने वाले दिनों में किसानों के लिए नये अवसर लाएगा कुम्भ एक तरह से मानवता का विचार का विमर्श का एक अनंत अंतर्प्रवाह है मुझे विश्वास है कि इसी परम्परा इसी भावना को ये कृषि कुम्भ साकार करेगा और आने वाले तीन दिनों में कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और अन्य अवसरों का नया रास्ता खोलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति के बाद अब हम श्वेत मधु और नीली क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का आहवान किया कि वे इस अवसर का इस्तेंमाल टैक्नोलॉजी से संबंधित समाधान ढूंढने में करें ताकि किसानों और पर्यावरण दोनों को फायदा हो केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कृषि राज्यमंत्री कृष्णा राज बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी इस अवसर पर मौजूद थे हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीन दिवसीय कृषि कुंभ मेले में हरियाणा और झारखंड सहयोगी राज्य के रूप में और जापान तथा इस्राइल सहयोगी देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं इस अवसर पर जापान और उत्तर प्रदेश के बीच कृषि में निवेश को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए

इस मौके पर इसाइल के सहयोग से बस्ती और कन्नौज में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनने की क्षमता है और केन्द्र सरकार इसके लिए पूरी मदद कर रही है

सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है इसलिए वह सीबीआई मामले अनावश्यक रूप से उठा रही है उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और रिपोर्ट आने तक इसका इंतजार किया जाना चाहिए श्री सिंह आज लखनऊ में रेलवे प्रादेशिक प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों का देश की आर्थिक व्यवस्था में अहम योगदान है और जनसामान्य से जुड़ा हुआ है श्री सिंह ने कहा कि सरकार बकों का सामान्यीकरण कर रही है जिससे गरीब आदमी को ऋण लेने में कोई परेशानी नहीं होगी लखनऊ में ही रोजगार मेले का शुभारम्भ करते हुए गुहमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने यूवाओं के लिए कौशल विकस स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत की है जिससे उन्हें बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है उन्होंने कहा कि सभी को नौकरी देना संभव नहीं है लेकिन उनकी प्रतिभा का विकास कर उन्हें रोजगार देना संभव है श्री सिंह ने बताया कि देश के चार सौ पचास केन्द्रों पर इस प्रकार के मेले लगाये है लखनऊ में रोजगार मेले के द्वारा आठ हजार से अधिक य्वाओं को रोजगार दिया जायेगा श्री सिंह ने कहा कि देश म मानव संसाधन की कमी नहीं है और देश की बड़ी आबादी यूवा है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किये गये एक जनपद एक उत्पाद के अच्छे नतीजे सामने आये हैं मुद्रा योजना के बारे में उन्होंने बताया कि दस लाख रूपये तक का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जाता है देश में इस योजना से छह करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है इस अवसर पर कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षित यूवाओं को उपकरण और प्रमाण पत्र वितरित किये गये

यह इस रेडियो कार्यक्रम की उन्चासवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सैंतीसवें दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता की विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्री नाईक ने विश्वविद्यालय के सत्र दो हजार सत्रह अट्ठारह के छात्रों को दीक्षोपदेश देते हुए योग्यतानसार स्नातक स्नाकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्रदान की इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने युवाओं से बातचीत में गलतियों उपेक्षाओं और असफलताओं को उन्नति और विकास के लिए सबसे आवश्यक बताया है उन्होंने कहा कि यह कत्तई न सोचे कि आपके विचारो को क्रेजी कहेंगे या एक्सीलेंट बस अपने विचारो को प्रयोग की शक्ल देने और उनके परिवर्तन के लिए सोचें देश के विकास के लिए शोध और अनुसंधान को आवश्यक बताते हुए उन्होंने युवाओं से कहा कि साइंस टेक्नॉलाजी और इनोवेशन देश के विकास के लिए आवश्यक तत्व है

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह ने भी समारोह को सम्बोधित किया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

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दो हजार उन्नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दो हजार चौदह से भी बड़ी जीत दज करेंगी श्री मौर्य आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे सीबीआई प्रकरण पर कांग्रेस के धरने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल होने के बाद फिर वापसी के लिए बेचैन है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे ईमानदार सरकार कार्य कर रही है जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मन्दिर निर्माण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है बदायूं जनपद के सिविल लाइन थाना अन्तर्गत ककराला रोड स्थित रासूलपुर गांव में एक आतिशबाजी की दुकान में विस्फोट होने से सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि अभी तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्होंने बताया कि यह लाइसेंस शुदा आतिशबाजी की दुकान थी मरने वालों में राहगीर भी शामिल है विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है विस्फोट के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दर्घटना स्थल पर पहुंच गये केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि गरीब सवर्णो को आरक्षण मिलना चाहिए श्री अठावले आज कानपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सवर्ण जातियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको शिक्षा और नौकरी में पच्चीस प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए और इसके लिए सभी पार्टियों को बैठक कर विचार करने की आवश्यकता है सीबीआई मामले पर श्री अठावले ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अधिकारियों को हटा कर सही कार्य किया है कांग्रेस को इस मामले में आन्दोलन करने की आवश्यकता नहीं है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है और उसका इंतजार किया जाना चाहिए